इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा होने की संभावना है इस बीच मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट के अन्य सदस्य एक महीने का वेतन कोविड फंड के लिए अंशदान स्परूप देंगे कल शाम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इसके अलावा विधायकों का दो दिन का वेतन भी कोविड फंड में जमा होगा उन्होंने कहा कि कोरोना काल में यह राशि जरूरतमंदों की मदद के लिए सहायक सिद्व होगी

पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार सहित पार्टी पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए सुरेश कश्यप ने कहा कि पार्टी संगठन कोरोना महामारी व जागरूकता के लिए पूर्व की भांति सेवा ही संगठन फेज दो अभियान की शुरूआत करने जा रहा है उन्होंने कहा कि अभियान के तहत जरूरतमंदों को मास्क सैनेटाइजर दवाएं इत्यादि जरूरी वस्तुएं वितरित की जाएगी सुरेश कश्यप ने कहा कि इसके अलावा पार्टी ने एक डेडिकेटड हेल्पलाइन नंबर शून्य एक सात सात दो आठ तीन दो सात छह चार जारी किया है उन्होंने कहा कि इस हेल्पलाइन नंबर पर कोरोना से संबंधित किसी भी सहायता के लिए लोग संपर्क कर सकते हैं मौसम प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में भारी हिमपात और अन्य भागों में वर्षा व ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट आई है लाहौल स्पीति जिले में बीते कल हुई बर्फबारी के बाद सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है बर्फबारी से मनाली लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है जबकि जिले की सभी अंदरूनी सड़कों पर भी यातायात अवरूद्व है उधर किन्नौर जिले के ऊपरी इलाकों में आज भी हिमपात हो रहा है

कुल्लू ज़िले की ऊपरी चोटियों पर भी हिमपात जारी है राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई जिलों में बीती रात भारी ओलावृष्टि के साथ व्यापक वर्षा हुई है

इस बीच राज्य के सेब बाहुल क्षेत्रों में हो रही ओलावृष्टि से सेब की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है जबकि निचले क्षेत्रों में गेहूं की फसल तैयार है और इस वर्षा ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर कोरोना के कारण सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती से जुड़ी खबर आज सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए है अमर उजाला की सुर्खी है सरकारी अफसर दो दिन सीएम मंत्री कोरोना फंड में देंगे एक माह का वेतन पंजाब केसरी के शब्द हैं कोरोना फंड के लिए कर्मचारियों का वेतन काटेगी हिमाचल सरकार दिव्य हिमाचल लिखता है अफसरों कर्मचारियों की कटेगी सैलरी कोविड फंड में पैसा जुटाने के लिए जयराम सरकार के आदेश दैनिक जागरण का शीर्षक है मुख्यमंत्री मंत्री एक माह और विधायक दो दिन का वेतन कोविड फंड में देंगे

हिमाचल दस्तक ने लिखा है क्लास वन दू में दो दिन क्लास थ्री फोर में एक दिन का वेतन कटेगा दैनिक सवेरा टाइम्स और आपका फैसला की लगभग एक जैसी सुर्खी है हिमाचल में कर्मचारियों के वेतन में होगी कटौती

अमर उजाला ने खबर दी है पूर्व आईजी जैदी की नियमित जमानत की याचिका खारिज इसी समाचार पत्र के मुताबिक मानव भारती विश्वविद्यालय से फर्जी डिग्री लेकर सरकारी नौकरी पाने वालों की होगी छुट्टी

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं भारी बर्फबारी के चलते मनाली लेह मार्ग के साथ अटल टनल भी बंद आपका फैसला के अनुसार भारी बर्फबारी से लाहौल स्पीति में जनजीवन अस्त व्यस्त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 नमस्कार